नवनियक्त अधिकारी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है यह बात उन्होंने कल शिमला में भारतीय पुलिस सेवा के छह नव नियुक्त प्रशिक्षु अधिकारियों से एक भेंट के दौरान कही उन्होंने अधिकारियों को समाज के प्रति विशेषकर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए प्रतिबद्धता और निष्ठा से कार्य करने का परामर्श तथा समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए योगदान देने का आग्रह किया राज्यपाल ने कहा कि यह इन सभी अधिकारियों को लिए गर्व की बात है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश जैसे शांत और विकसित राज्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ इस मौके पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू भी उपस्थित रहे

शहरी विकास मन्त्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में हिमाचल की रैकिंग में काफी सुधार हुआ है

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों की रैंकिंग भी दो वर्गो में की गई

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी और तबादलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

हिमाचल सरकार ने बदले एसडीएम एडीएम दिव्य हिमाचल की एक खबर है पंजाब केसरी के शब्द हैं सोलन ठियोग कुल्लू व ज्वाली के एसडीएम बदले आपका फैसला ने लिखा है हिमाचल सरकार ने किए अधिकारियों के तबादले अस्पताल से छुटटी होते ही घर जाने के लिए अपनाया शॉटकर्ट उर्जा मंत्री का चालान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है कोविड संक्रमण से ठीक होने के तुरंत बाद मालरोड का रास्ता चुना दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मालरोड पर गाड़ी लेकर पहुंच गए मंत्री सुखराम चौघरी कटा चालान

नमस्कार